इसके बाद मुख्यमंत्री इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे पंचायत चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है

इसके बाद शहरी निकाय चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को राज्य चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा

मामले में याचिकाकर्त्ता ने संशोधन करने की अनुमति के साथ चुनाव प्रकिया पर लगी रोक को हटाने की गुजारिश की थी हाईकोर्ट ने याचिकाकर्त्ता की इस मांग को जायज पाते हुए इस मामले में पारित सभी अंतरिम आदेश हटा दिए हैं इससे धर्मपुर ब्लॉक में चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है नववर्ष नए साल का जश्न मनाने भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद कई पर्यटक लाहौल घाटी में नववर्ष का जश्न मनाने की तैयारी में हैं

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है नए साल का जश्न मनाने मनाली पहुंचे रिकार्ड पर्यटक दिव्य हिमाचल का शीर्षक है होटलों घरों में नए साल के जश्न की छूट कोविड नियमों के तहत देर रात साउंड सिस्टम व पटाखों के साथ कर सकते हैं न्यू ईयर सैलिब्रेशन

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है नीति निर्माता व शिक्षक नए तरीके अपनाएं इसी पत्र की एक अन्य खबर है कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आचारसंहिता के उल्लंघन का आरोप हिमाचल दस्तक और दैनिक जागरण का लगभग एक जैसा शीर्षक है लिखित आदेश जारी केवल टयूशन फीस ही ले सकेंगे निजी स्कूल

डेमोकेसी हिमाचल के शब्द हैं मुख्यमंत्री जयराम ने राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह के लिए व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए